और पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि बिहार में एनडीए पूरी तरह अटल है और अगला विधानसभा चुनाव जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा एक निजी टेलीविजन चैनल के साथ इंटरव्यू में श्री शाह ने कहा कि बिहार विधान सभा चुनाव में नीतीश कुमार एनडीए के सर्वमान्य चेहरा होंगे श्री शाह ने कहा कि दोनों दल राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और राज्य स्तर पर मौजूदा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम करना जारी रखेंगे उन्होंने मीडिया की उन अटकलों को सिरे से खारिज किया जिसमें भाजपा द्वारा बिहार विधान सभा चुनाव अकेले लड़े जाने की बात कही जा रही है दोनों दलों के बीच मतभेद की खबरों के बारे में पूछे जाने पर भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि गठबंधन में छोटे मोटे विवाद चलते रहते हैं जिसे स्वस्थ गठबंधन के प्रतीक के रूप में देखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि मतभेद कभी मनभेद में न बदले इसका ख्याल रखने की जरूरत है केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार अपने कर्मियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता देगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर जुलाई महीने से प्रभावी होगी उन्होंने बताया कि इस बार डीए में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ कर्मियों को वेतन दिया जायेगा श्री मोदी ने बताया कि सभी विभागों को पच्चीस अक्टूबर तक कर्मियों के वेतन भुगतान का निर्देश दिया गया है होमगार्ड जवानों के बैंक खातों में अब हर महीने की पहली तारीख को मानदेय चला जायेगा

उन्होंने कहा कि एक दिन का भी विलंब होने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी श्री मिश्र ने बताया कि अक्टूबर का भत्ता एक नवम्बर को भेजने की दिशा में कार्रवाई चल रही है उन्होंने यह भी बताया कि नवम्बर महीने से ही होमगार्ड जवानों के कर्मचारी भविष्य निधि की राशि कटनी शुरू हो जायेगी प्रदेश के पांच विधानसभा क्षेत्रों और समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए इक्कीस अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पांच कंपनी अर्द्वसैनिक बलों की तैनाती की जायेगी पुलिस मुख्यालय ने गृह मंत्रालय से केन्द्रीय बल की मांग की थी मुख्यालय ने अर्द्दसैनिक बल के जवानों को संबंधित क्षेत्रों के लिए रवाना कर दिया है इक्कीस अक्टूबर को विधानसभा की पांच और समस्तीपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है विभिन्न दलों के नेता अपने अपने गठबंधन और पार्टी प्रत्याशियों की जीत के लिए चुनावी सभाएं और रोड शो कर रहे हैं जदयू अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सिवान की दरौंदा सीट और समस्तीपुर में एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे वहीं लोजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समस्तीपुर में लोजपा के प्रिंस राज के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे कांग्रेस के बिहार मामलों के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे का अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है अयोध्या राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद संविधान पीठ के सभी न्यायाधीश आज अलग से बैठक करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है कानूनविदों के अनुसार इस बैठक में फैसले से जुड़े विभिन्न बिंद्रओं पर विचार विमर्श हो सकता है खाद्य और उपभोक्ता विभाग ने नये राशन कार्ड बनाने अपात्रों के राशन कार्ड रद्द करने और पीओएस मशीन लगाने में लापरवाही बरतने के आरोप में चार आपूर्ति निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है वहीं बयालीस अनुमंडलाधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है पटना स्थित बिहार म्यूजियम के टिकट घोटाले में बर्खास्त की गयी क्यूरेटर मौमिता घोष की बर्खास्तगी निरस्त कर दी गयी है सेवा से हटाने के समय प्रक्रिया का पालन नहीं करने के कारण विकास आयुक्त ने बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया मौमिता घोष ने अपने पद फिर से योगदान कर दिया है इधर छुट्टी पर चल रहे संग्रहालय के निदेशक मोहम्मद युसूफ को भी तीन दिनों के अंदर योगदान करने का निर्देश दिया गया है राजधानी पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है कल पटना के विभिन्न सरकारी और निजी अस्पतालों में दो सौ उनतालीस नये मरीजों में डेंगू की प्रष्टि हई है पीएमसीएच के वायरोलॉजी विभाग में एक सौ आठ मरीजों में डेंगू पॉजेटिव पाये गये जिनमें निन्यानवे पटना के हैं वहीं एनएमसीएच में पन्द्रह मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई है कई निजी अस्पतालों में भी डेंगू मरीजों की पुष्टि हुई है पटना के अलावा भागलपुर पूर्णिया गया औरंगाबाद पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण में भी डेंगू के कई नये मामले सामने आये हैं पटना जिले के मोकामा के मेकराडीह बस्ती में तेज बुखार की चपेट में आने से पिछले चार दिनों पांच लोगों की मौत हो गयी स्थानीय लोगों ने बताया कि पीड़ितों को तेज बुखार के साथ सिर में दर्द और उलटी की शिकायत थी इधर मामले के प्रकाश में आने के बाद स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम को प्रभावित क्षेत्र में भेजा जा रहा है केन्द्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि यदि राज्य सरकार दरभंगा में जमीन उपलब्ध करवाती है तो वहां दूसरे एम्स की स्थापना की जायेगी दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि डीएमसीएच तकनीकी रूप से एम्स निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया है उन्होंने बताया कि इस विषय पर जल्द ही राज्य सरकार के साथ वार्ता होगी प्रदेश में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सभी सड़कें दस नवम्बर तक ठीक कर ली जायेंगी पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने एक आदेश जारी कर अधिकारियों को तत्काल काम शुरू करने का निर्देश दिया है उन्होंने बताया कि सड़क मरम्मत के लिए राशि उपलब्ध करा दी गयी है अरवल नगर थाना क्षेत्र के बैदराबाद बाजार से अपराधियों ने देर शाम एक व्यवसायी से साढ़े ग्यारह लाख रूपये लूट लिये पुलिस ने बताया कि पीड़ित व्यापारी दुकानदारों से वसूली कर लौट रहा था तभी पहले से घात लगाये अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया इधर गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपालगंज बड़हरिया मुख्य मार्ग पर अपराधियों ने हथियार के बल पर पिता पुत्र से तीन लाख रूपये लूट लिये विरोध करने पर दोनों के साथ अपराधियों ने मारपीट भी की मधुबनी जिले के हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत कमतौल गांव से पुलिस ने दस हजार रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है बहुचर्चित चावला घोटाला में शामिल चार और मिलरों की अवैध संपत्ति जब्त की जायेगी आर्थिक अपराध इकाई के प्रस्ताव के बाद ईडी ने इस संबंध में तैयारियां शुरू कर दी है अररिया जिले में प्रशासन ने सरकारी अंगरक्षकों के बकाया राशि का भूगतान नहीं करने पर पांच प्रतिष्ठित लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है जिन लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है उसमें कई जाने माने व्यवसायी हैं राजस्थान के जयपुर में चल रहे विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार का अभियान समाप्त हो गया है इस एकदिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम को सभी नौ मैचों में हार का सामना करना पड़ा कल अंतिम मैच में बिहार को त्रिपुरा ने सात विकेट से पराजित किया अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या विवाद मामले की सुनवाई पूरी होने से जुड़ी खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है बहस खत्म अब फैसले का इंतजार दैनिक जागरण लिखता है संविधान पीठ ने वैकल्पिक मांग पर पक्षकारों को तीन दिन में लिखित दलीलें दाखिल करने की दी छूट सत्रह नवम्बर से पहले आ सकता है फैसला दैनिक भास्कर की सुर्खी है डेंगू से हाईकोर्ट के वकील की मौत विधायक नितिन नवीन और डॉक्टर शांति राय समेत एक सौ आठ नये मरीज प्रभात खबर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है घूसखोरों ने भी बढ़ायी दरें पहले पांच सौ रूपये में भी चलता था काम अब दस हजार रूपये से नीचे की बात नहीं दैनिक आज ने विश्व बैंक की रिपोर्ट को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुए लिखा है भारत में गरीबी दर आधी रह गयी राष्ट्रीय सहारा लिखता है नहरों तटबंधों और जलाशयों की ड्रोन से की जायेगी निगरानी और अब अंत में मुख्य समाचार भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा बिहार में एनडीए पूरी तरह अटल है

और पटना सहित प्रदेश के कई हिस्सों में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है